द्विपक्षीय शिखर बैठक में लेंगे भाग

कांग्रेस ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन

अपने प्रवास के दौरान श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आवे के साथ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक में भाग लेंगे श्री मोदी और श्री आबे के बीच यह पांचवी शिखर बैठक होगी दोनो नेताओं के बीच में बारहवीं मुलाकात होगी भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के फेमवर्क के तहत दोनो नेता द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुददों पर आपसी हितों के मामलों पर व्यापक चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री दोनो देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे नेशनल हेराल्ड पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि भोपाल में अखबार के लिए आवंटित की गई जमीन का व्यावसायिक उपयोग करते हुए उसकी कमाई कांग्रेस पार्टी अपनी जेब में डाल रही है एक संवाददाता सम्मेलन में श्री पात्रा ने कहा कि जमीन तत्कालीन समय में अखबार के लिए आवंटित की गई थी लेकिन इसे एक सिटी सेण्टर बनाकर बेच दिया गया वहीं इस संवाददाता सम्मेलन को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन करना बताया कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जे पी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे शिकायत पत्र आरोप लगाया है कि श्री पात्रा द्वारा बिना अनुमति के बीच सड़क पर रास्ता रोककर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हे किसान आय दोगुना किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यपालों की समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी इस समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था

सभिति ने बड़ी जोत वाले क्षेत्रो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पांच से घटाकर ढ़ाई फीसदी करने का सुझाव दिया है एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव के तहत मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने की सिफारिश की गई है क्योंकि इस योजना के चलते खेती के कामों में मजदूरों की उपलब्धता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था कमेटी ने महिलाओं को खेती से जुड़े कायोँ में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर कृषि शिकायत निवारण सेल के गठन का भी सुझाव दिया गया है मीडिया सेंटर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के विचार पहुंचाने े के लिए नए मीडिया सेंटर की शुरुआत की गई है जहां लगातार संवाद होते रहेंगे र्जो आवश्यक जानकारी और संवाद है उसे यहां पूरा करने का प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के हाईटेक मीडिया सेंटर का शुभारंभ करते हुये कहा कि मीडिया की भूमिका प्रदेश के विकास के लिए जनता तक पहुंचाने के मामले में बहत जरूरी है भाजपा का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मीडिया के साथ बेहतर संवाद रहे इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह मौजूद थे नये मीडिया सेण्टर शुरू किये जाने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि सभी काम मीडिया की नजरों में नहीं आ सकें इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शहर से दूर एक निजी होटल में मीडिया सेण्टर बनाया है उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कार्यालय को चुनाव प्रभावित करने के लिए धन बल और सत्ता का दुरूपयोग करने का केन्द्र बनाने जा रही है फांस राजदूत फांस के राजदूत अलैक्स अंद्रे जिएगलेर ने कल अपनी पत्नी के साथ छतरपूर जिले के खजुराहो पहुंचकर प्रसिद्ध जैनाचार्य आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किये फांस के राजदूत आचार्यश्री की ख्याति सुनकर दिल्ली से खासतौर पर उनके दर्शन करने खजुराहो आये थे श्री अंद्रे ने आचार्यश्री से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा करते हुए शाकाहार के मानवीय और वैज्ञानिक पक्ष को समझा ही नहीं बल्कि शाकाहार अपनाने का संकल्प भी लिया मानव अधिकार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने रायसेन जिले में एक अनुकम्पा नियुक्ति मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच प्रतिवेदन मांगा है आयोग की ओर से आज जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार रायसेन जिले के बेगमगंज नगर में छह वर्ष पूर्व कैंसर से पीड़ित एक अध्यापक की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक की पत्नी को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई इस मामले में आयोग ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और संचालक स्कूल शिक्षा विभाग से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है एक अन्य मामले में आयोग ने मंदसौर जिले के नरसिंहपुरा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान के लिए चालीस लाख रुपये की लागत से निर्भित पेयजल टंकी के टेस्टिंग में फेल हो जाने के बावजूद उसे चार साल की अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं सुधारे जाने के मामले में संज्ञान लिया है

उन्हें तीन महीने तक या निदेशक की नियमित नियुक्ति होने तक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कर्नल सिंह का कार्यकाल कल समाप्त हो गया नामांकन बैंकखाता विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुरक्षण के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुसार अभ्यर्थी बैंक खाता नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलेगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देनी होगी अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों काभुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउण्ट पेयी चेक अथव ड्राफ्ट या आर टी जी एस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है स्वीप अभियान नीमच में स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरुकता के कार्यक्रम हो रहे हैं

वहीं कल रात रसूलपुर चौराहे पर वाहन चैकिंग के दौरान दो वाहनो से दो लाख चौहत्तर हजार रुपये जब्त किये गये उधर बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र में तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त करने के साथ ही कार सवार तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है कार सवार जलगांव के बताये गये हैं विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के चलते पुलिस की जांच के दौरान ये कार पकड़ाई है शराब जब्त झाबुआ जिले में पुलिस ने चैकिंग के दौरान कल दो घरों पर छापा मारते हुए करीब चार लाख रुपये की अवैध शराब बरामद किया है कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की और पथराव भी किया वहीं सागर जिले की बण्डा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक ट्रक अवैध देसी शराब बरामद की है जिसकी कीमत करीब पैतालीस लाख रुपये आंकी गई है जेटली व्याख्यान केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में एक नये वैचारिक ध्रुव का निर्माण किया है आज नई दिल्ली में प्रथम अटलबिहारी स्मारक व्याख्यान में श्री जेटली ने कहा कि हमे लोकतंत्र की आत्मा को जीवित बनाये रखना है उन्होंने कहा कि जो लोग वंशवादी राजनीति में विश्वास करते हैं उन्हें कभी भी जीवंत लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा राजनाथ सिंह केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से सामाजिक राजनीतिक योद्वाओं के रूप में काम करने को कहा है ताकि भारत को विश्व नेता के रूप में स्थापित किया जा सके श्री सिंह आज हैदराबाद में युवा मोर्चा के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से आठवां सवाल किया है उन्होंने सवाल किया है कि शहरी विकास के नाम पर प्रदेश को कम बजट क्यों मिला है कमलनाथ ने कहा है कि शहरों के विकास की बातें तो खूब की गई हैं लेकिन धरातल में कृष्ठ नजर नहीं आ रहा

चुनाव सुरक्षा राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुरहानपुर जिले की सीमा की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र पुलिस की एक कंपनी को तैनात किया गया है जो दोनो राज्यों की सीमाओं पर विभिन्न स्थानो में बनाई गई सुरक्षा जांच चौकियों से निगरानी करेंगी बुरहानपुर जिले की सीमा का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के चार जिलों जलगांव अमरावती बुलढाना और अकोला जिलों की सीमाओं से लगता है नागपुर से बुलाई गई राज्य विशेष ॅ सशस्त्र बल की इस कंपनी में एक सौ बीस जवान और अधिकारी हैं इनमें से एक सौ आठ जवानो और अधिकारियों को सीमाओं पर तैनात किया गया है सड़क दुर्घटना शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में कल शाम पेट्रोल से भरे एक टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों को कुचल दिया जिससे दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे की उपचार के दौरान मौत हो गई पुलिस घटना की जांच कर रही है टाउन हाल भारतीय जनता युवा मोर्चा कल से प्रदेश की सभी दो सौ तीस विधानसभा क्षेत्रों में नव मतदाता युवा टाउन हाल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पाण्डे ने बताया कि युवाओं को अपने भविष्य का मध्यप्रदेश अपने सपनो का मध्यप्रदेश और कैसा हो मेरा मध्यप्रदेश विषय पर विचार जानने के लिए यूवा टाउन हाल कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यकम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी युवाओं को वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे सेक्टर ऑफीसर छिंदवाड़ा जिले के निर्वाचन अधिकारी वेदप्रकाश ने विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत जिले के एक हजार नौ सौ तीस मतदानकेन्द्रों के लिए दो सौ तेईस सेक्टर ऑफीसर और तीस आरक्षित सेक्टर आफीसरों की नियुक्ति की है ये सेक्टर ऑफीसर अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिम्मेदार रहेंगे वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यकम के दौरान नशे में होने के कारण एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है वहीं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर अमरवाड़ा के एक पटवारी को निलंबित किया गया है जबकि शहडोल के संभागायुक्त जे के जैन ने तीन कर्मचारियों को टी वी देखते पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है करवा चौथ आज प्रदेश भर में करवाचौथ का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है पति की दीर्घायू के लिए महिलायें निर्जला व्रत है त्यौहार के चलते बाजारों में चहल पहल है महिलाओं द्वारा पूजा सामग्री खरीदी जा रही है इस साल करवाचौथ पर अमृत सिद्धि योग के साथ रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग होना बताया जा रहा है